संसद सत्र लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीताकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक ब्लाई है इस बैठक में श्री बिरला सदन का सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों से सहयोग देने का आग्रह करेंगे राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायड् ने भी सदन में विभिन्न दलों के नेताओं की कल बैठक बुलाई है सरकार ने भी सत्र से पहले इसी दिन सर्वदलीय बैठक आयोजित की है संसद का शीतकालीन सत्र तेरह दिसम्बर को समाप्त होगा झारखंड अधिसूचना झारखण्ड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना आज जारी की जाएगी इस चरण में आठ जिलों में सत्रह निर्वाचन क्षेत्रों में बारह दिसम्बर को मतदान कराया जाएगा नामांकन पत्र इस महीने की पच्चीस तारीख तक भरे जाएंगे जबकि अगले दिन भरे गए पर्चो की जांच की जाएगी

मतगणना तेइस दिसम्बर को होगी सम्मान प्रदेश को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट स्टेट और भोपाल को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी सम्मान से सम्मानित किया गया है इकोनॉमिक टाईम्स ग्रप द्वारा आयोजित समारोह में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्द्वन सिंह ने यह अवार्ड प्राप्त किए इस दौरान उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी की अवधारणा शहर वासियों के जीवन को आसान बनाने में तकनीक और अधोसंरचनात्मक विकास के महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाती है श्री सिंह ने बताया कि प्रदेश में भोपाल इंदौर ग्वालियर जबलपुर उज्जैन सतना और सागर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किये जा रहे है उन्होंने कहा कि सभी शहरों को उनकी विशिष्ट पहचान को बरकरार रखते हुए विकसित किये जाने की आवश्यकता है

इसमें मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर से संबद्ध राज्य के विभिन्न जिलों से नामित मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षण दिया जाएगा

इसमें गृह विभाग के प्रमुख सचिव सचिव और उपसचिव तथा प्रदेश के नोडल जनगणना अधिकारी शामिल होंगे इनके अलावा जनगणना कार्य निदेशालय के शीर्ष अधिकारी भी मौजूद रहेंगे प्रचार वाहन ग्वालियर संभाग आयुक्त एमबी ओझा और कलेक्टर अनुराग चौधरी ने नशामुक्ति का संदेश देने एवं शासकीय योजनाओं की जानकारी लोगों को उपलब्ध कराने वाले प्रचार वाहनों को कल ग्वालियर में हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया प्रचार वाहनों के साथ कला पथक दल सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीणों को स्थानीय बोली में जानकारी देंगे

प्रयोगशाला के लिये राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के भोपाल में भदभदा स्थित केन्द्रीय वीर्य संस्थान का चयन किया गया है

मध्यप्रदेश पशुधन एवं कक्कट विकास निगम तथा सेकिंसग टेक्नॉलोजी इंडिया के बीच इस बारे में अनुबंध हुआ है श्री यादव ने बताया कि इससे देशी नस्ल की गिर थारपारकर साहीवाल और मुर्रा नस्ल की भैंस की पैदावार को प्रोत्साहन मिलेगा उन्होंने बताया कि इस परियोजना से निराश्रित गौवंश की वृद्धि को भी नियंत्रित किया जा सकेगा आदि महोत्सव आदि महोत्सव नाम से जनजातीय उत्सव आज से नई दिल्ली मे शुरू हो रहा है इस महोत्सव में आदिवासी संस्कृति कला और खानपान का प्रदर्शन किया जायेगा

किकेट भारत और बांग्लादेश के बीच इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले जा रहे पहले क्रिकेट टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन है

मैच पर भारत पकड़ मजबूत दिख रही है

भारत के लिए मयंक अग्रवाल कल दोहरा शतक लगाकर आउट हुए

यह शिक्षक निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाये गये थे